अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मरीज के संपर्क में आए उसके परिजनों को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उनकी जांच की जा रही है इसके अलावा मरीज के साथ हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों से संपर्क कर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है

रक्षा प्रवक्ता संबित घोष ने बताया कि विदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीय नागारिकों को भारत लाया जा रहा है इनको जैसलमेर और जोधपुर में सेना की ओर से बनाए गए वेलनेस सेंटरों पर रखा जा रहा है जहां कुछ दिनों के लिए इनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी

केन्द्र सरकार ने इस वायरस को अधिसूचित आपदा का दर्जा दिया है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 राज्य कार्यकारी समिति संक्रमित मरीजों के लिए विशेष शिविर और नमुनों की जांच तथा स्क्रीनिंग सहित विभिन्न उपायों पर निर्णय लेगी

इस बीच केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने इस वायरस के फैलाव को रोकने के उपायों और तैयारियों पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए से समीक्षा की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 उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव सिद्वार्थ महाजन ने जयपुर शहर में कोरोना वायरस में उपयोग लिए जाने वाले मास्क और हैंड सैनिटाइजर को निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान टीम को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है

वहीं कानोता में बिना रजिस्ट्रेशन के हैंड सेनिटाइजर और आयुर्वैदिक प्रोपराइटरी दवाइयों का निर्माण करने पर फर्म के मालिक को नोटिस जारी किया

जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में हई बैठक में यह फैसला लिया गया

शाम मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना करवाई जाएगी इन सभी पंचायतों में कल उप सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा